मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खादय पदार्थों की कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देष दिया है और कोरोना से लड़ाई में आम लोगों से भी राहत कोष में दान करने की अपील की है

कल बनारस के लोगों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वायरस लोगों में कोई भेद नहीं करता और किसी में भी इसका संक्रमण हो सकता है उन्होंने कहा कि क्छ लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी होने के बावजूद वे चेतावनियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है

उन्होंने कहा कि दूसरों की खातिर अपना जीवन दांव पर लगाने वाले चिकित्साकर्मियों का सम्मान किया जाना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने व्हाट्सएप से सम्पर्क कर हेल्प डेस्क बनाई है ताकि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में भरोसेमंद सूचनाएं दी जा सकें

वहीं मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने का आहवान किया है उन्होंने आम लोगों से सरकार की मदद करने की अपील की है उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने ओर जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें इसके लिए सरकार ने बैंक अकाउंट नम्बर भी जारी किया है

इसके तहत मकानों की सुची बनाने और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण को अद्यतन करने का काम किया जाता है

यह कार्रवाई पहली अप्रैल से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख से शुरू होनी थी

कोरोना के कारण उच्चतम न्यायालय को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस मामले की सुनवाई होनी थी उसे भी रद्द कर दिया गया है इससे पहले शीर्ष अदालत ने सीधी सुनवाई से इनकार करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की बात कही थी लेकिन इसको भी बंद कर दिया गया

लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर यह भी बंद हो गया है वकीलों के चैंबर पहले ही सील हो चुके हैं सरकार ने कहा है कि देश में आवश्यक वस्तओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में कल नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम का अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखना है श्री जावडेकर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में भी सोशल डिस्टेंसिंग के इस नियम का पालन किया गया उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इक्कीस दिन का लॉकडाउन हमारे हमारे समाज के और हमारे देश के हित में है उन्होंने कहा कि देश भर में तालाबंदी लागू करने के प्रधानमंत्री के फैसले का सभी ने स्वागत किया है श्री जावड़ेकर ने लोगों से नियमित रूप से हाथ धोते रहने का भी आग्रह किया सूचना और प्रसारण मंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को भी कहा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

यह कार्यक्रम रोजाना हिंदी में सुबह आठ बजे से साढे आठ बजे तक और अंग्रेजी में साढे आठ से नौ बजे तक प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम शाम को हिंदी में आठ बजे से साढ़े आठ बजे तक और अंग्रेजी में साढ़े आठ से नौ बजे तक प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम में कोरोना वायरस के बारे में तथ्यात्मक और ताजा जानकारी दी जाएगी जिसे आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है कांके विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामचंद्र बैठा का हृदयगति रूकने से निधन हो गया है उनके निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है संक्षिप्त खबरें कोरोना को लेकर हजारीबाग के सांसद और विधायक ने जिला प्रशासन को सहयोग करने की घोषणा की है

जमषेदपुर के साकची कदमा बिष्टुपुर सहित सभी बाजारों में टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रांस्ट्रक्चर लिमिटेड की पब्लिक हेल्थ टीम ने सोडियम हाइपोक्लाराइड सोल्यूषन का छिड़काव किया